अब कांस्टेबल उन मामलों के जांचे अधिकारी होंगे जिनमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है

श्री गहलोत ने कल प्रदेश में कानन व्यवस्था की भी समीक्षा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से भीलवाड़ा जालोर और बाड़मेर जिलों के एक दिवसीय दौरे पर है प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का अवलोकन करेंगे वे यहां से जालोर के पथमेड़ा गोधाम पहुंचकर श्री कामधेन् शक्तिपीठ के स्थापना महोत्सव में भाग लेंगे इसके बाद श्री गहलोत बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी के कार्यों का निरीक्षण करेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों में फैल रहे प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस मामले में केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए श्री गहलोत ने दवीट कर कहा कि दिल्ली और राजस्थान सहित पडोसी राज्यों में प्रद्षण का बढता स्तर गंभीर चिंता का विषय है लोग लंबे समय से इससे पीड़ित हैं खासकर बच्चे और बुजुर्ग उन्होंने कहा कि यह एक स्वास्थ्य आपातकाल है जिसे केवल दिल्ली सरकार अकेले नहीं सुलझा सकती

जयपूर शहर सहित कई स्थानों पर भी इसका असर पड़ने लगा है दिल्ली में स्मॉग जैसा कहर करौली जिले में भी देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्र ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और देश के उत्तरी भागों में प्रदषण के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति की समीक्षा की इस बैठक में दिल्ली पंजाब और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए

इन उडानों को जयपुर अमृतसर लखनऊ तथा मुम्बई भेज दिया गया राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आज जयपुर के राजमवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक आयोजित होगी इस बैठक में केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले गे

जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित समारोह की राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस ढढ्ढा ने शुरुआत की

प्रदेश के कई स्थानों पर कोहरे और हल्की वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सीकर में सर्दी का असर बढ़ गया है आज भी आसमान मे बादल छाये हुए है बेमौसम बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है कल सीकर में ठण्डी हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई इसके साथ ही राजसमन्द नागौर और बांसवाड़ा से हल्की बरसात के समाचार मिले हैं